अब समाचार विस्तार से संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ कल से शुरू हो रहा है

देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात्रि नौ बजे तक चलेगी

सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायड् ने रविवार को उच्च सदन में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है

उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है श्री मोदी ने कहा कि कोरोनाकाल के समय लाखों कैडेटों ने देशभर में प्रशासन और समाज के साथ मिलकर काम किया एनसीसी रैली को आज नई दिल्ली में सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखें हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है

नारी शक्ति पुरस्कार महिला बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है यह प्रस्कार व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा समाज में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है

इसमें प्रशस्ति पत्र और एक लाख रूपये दिये जायेगें

उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करें वे आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की महिला विंग द्वारा सेनेटरी नेपकिन लांचिग कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में ऑन लाइन राजभवन लखनऊ से संबोधित कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक बनाने के प्रयास करें वर्तमान यूग नारी शक्ति का यूग है हर महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो इस के प्रयास किए जायें राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि आर्थिक उन्नति के साथ ही सामाजिक दायित्वों को निभाना जरूरी है सरकार के प्रयासों के साथ ही समाज को भी टीबी रोगियों के उपचार विषम पारवारिक परिस्थतियों से पीड़ित पिछड़ी और गरीब महिलाओं की मदद करनी चाहिए स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए सेनेटरी नेपकिन रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की जरुरत बताई

कई जिलों में कोल्ड डे है

वातावरण में नमी की कमी से भी सर्दी का असर बढ गया है आज राजधानी भोपाल में सुबह से चमकीली धूप निकली लेकिन तापमान में मामूली उतार चढाव आया उधर हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि मौसम में अचानक बदलाव के चलते खण्डवा जिले में आज फिर ठंड तेज हो गई हैं शिवपुरी जिले में इस समय सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर बढ़ गया है

दो दिन से सर्दी का दौर बढ़ने जनजीवन प्रभावित है